राज्य यूवा बोर्ड की शिमला में हई पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यूवाओं से नशाखोरी के विरूद्व आगे आने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि नोडल क्लब योजना के तहत राज्य के हर विकास खंड के लिए दो वर्षों तक एक नोडल क्लब स्वीकृत किया गया है उन्होंने कहा कि बोर्ड की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए इसके बजट को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि युवा बोर्ड को विकास की अन्य गतिविधियों में शामिल किया जाएगा

इस मौके युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार जल्द ही युवा नीति लाएगी उन्होंने युवा बोर्ड के सदस्यों को नए विचार लाने को कहा ताकि बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को इस संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते है और पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जाएगा जयराम ठाक़र ने बताया कि सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़डा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी

किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सरकार मदद कर रही है ताकि उचित मार्ग दर्शन व आर्थिक तंगी के कारण उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े इस प्रदर्शनी व प्रतियोगिता में कांगड़ा और चंबा ज़िलो के करीब साढ़े चार सौ विद्यार्थी भाग ले रहे हैं वीरेंद्र कवंर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सन्हाल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है वीरेंद्र कवंर ने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने का आग्रह भी किया इससे पहले उन्होंने स्कूल में नवर्निमित अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी किया

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कल सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की चम्मो पंचायत में एक संपर्क मार्ग की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि जिले में सड़क नेटवर्क सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है शिविर भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो ने चंबा जिले में भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में आज एक जागरूकता शिविर लगाया इस अवसर पर स्थानीय विधायक बिक्रम सिंह जरयाल बतौर मुख्यतिथि मौजूद रहे इस दौरान लोगों को स्वच्छ भारत मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुषमान भारत योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई आउटरीच ब्यूरो कार्यालय जालंधर के उपनिदेशक प्रीतम सिंह ने बताया कि शिविर का मुख्य उदेश्य लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न काल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है

इस कार्यक्रम के लिए लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव मेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है